कल नई दिल्ली में कोन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन का अनुमोदन कर दिया है

विधेयक में सभी निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी निरीक्षण परिचालन और देख रेख सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है इसमें राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के गठन का प्रावधान भी किया गया है जो बांध सुरक्षा नीति तैयार करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है

उन्होंने कहा कि मंत्रालय अगले वर्ष आम चुनाव के पहले इसे पूरा करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहा है

उद्योग विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एमएसएमई उत्पादों की जेड रेकिंग गुणवत्ता पर जोर रहा है इसमें उत्पादों की गुणवत्ता के साथ पर्यावरण सरंक्षण पर भी बल दिया गया है उन्होंने बताया कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों पर अधिकारियों और कार्मिकों के साथ ही उद्योगों को जेड रेंकिंग मापदण्डों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा

एचसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संतोष कुमार शर्मा ने एचसीएल के घाटे में चलने से इंकार करते हुए कहा है कि इस कारण यह निजी क्षेत्र में नहीं जाएगा खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स केसीसी प्रोजेक्ट के दो दिवसीय दौरे पर झुंझुनूं आए श्री शर्मा ने पत्रकारों से यह बात कही

उन्होंने कहा कि एचसीएल की बंद खानों को भी चालू कर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं उन्होंने कहा कि मन की बात के लिए मिलने वाले विचारों और जानकारी से इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है

शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कल स्टेट ओपन स्कूल की दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद ये जानकारी दी